इसके साथ ही नामांकन प्रकिया शुरू हो गई है

नामांकन पत्रों की जांच एक दिसंबर को की जाएगी जबकि उम्मीदवार तीन दिसंबर तक नाम वापस ले सकेंगे इन चुनावों के लिए उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन चार दिसंबर को किया जाएगा

अगले दिन नामंकन पत्र पेश किये जा सकेंगे

सर्दी के कारण सुबह मतदान की गति धीमी रही

इस बीच इन चुनावों के दूसरे चरण का प्रचार जोर शोर से चल रहा है

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा जांच में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं

उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से आइसोलेट होने और जांच कराने की अपील की है

प्रदेश में शीतलहर के कारण दस से ज्यादा जिलों में न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच दर्ज हुआ है माउंट आबू में आज पारा जमाव बिन्दु पर पहुंच गया हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि आज सुबह माउंट आबू में खुले मैदानों और कार की छत पर बर्फ की हल्की परत जमी हुई देखी गई तेज सर्दी के कारण आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है मैदानी इलाकों में सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी सकसे ठण्डा स्थान रहा इस बीच मौसम विभागने कलसे पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है